चुनाव आयोग ने मतदान से अड़तालीस घंटे पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रेस वार्ता नहीं करने और अखबार तथा टीवी पर साक्षात्कार नहीं देने का निर्देश दिया है आयोग ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और निर्वाचन अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों को निर्देश भेजा है आयोग ने कहा है कि पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को मतदान होगा जिसके लिये नौ अप्रैल को चुनाव प्रचार रूक जायेगा लेकिन अन्य स्थानों पर जहां चुनाव अगले चरण में होने हैं वहां भी नेता ऐसे भाषण नहीं दे सकेंगे जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहले चरण वाली सीटों पर समर्थन मांगने की बात की जाय चूनाव आयोग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नये किसानों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निबंधित किसानों के खाते में दो दो हजार रूपये भेजे जाने की भी इजाजत सरकार को नहीं दी है आयोग ने कहा है कि जो किसान आचार संहिता लागू होने के पहले निबंधित हो चुके हैं और जिनका डेटा जांचा जा चुका है उन्हें अप्रैल में दूसरी किस्त दी जा सकती है बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने अधिकारियों से लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के प्रचार में नेपाल के एफएम रेडियो चैनलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के तरीकों का पता लगाने को कहा है

उस कैन्डिडेट का एक्सपैंडिचर में भी बुक करने के लिए उनको नोटिस करेंगे इसके अलावा इसी माध्यम से अगर एमसीसी के वायलेशन का कोई मामला भी आएगा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे

देश भर के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया है कि वह मतदाता जागरुकता कार्यक्रम में भरपूर सहयोग देंगे चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में मतदाता जागरुकता के लिए सामुदायिक रेडियो के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने बताया कि सामुदायिक रेडियो देश के सभी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्थानीय भाषा में जानकारी विकसित कर मतदाता जागरूकता की प्रक्रिया को और लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है श्री सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि सामुदायिक रेडियो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का अब एक अभिन्न अंग बन जाएगा उपच्रनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने कहा कि चुनाव निकाय का प्रयास निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है और सामुदायिक रेडियो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम देशभर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी चौकीदार हूँ कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे पटना के राजेन्द्र नगर में आयोजित कार्यक्रम में पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद सहित पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से बनाये गये सी विजिल एप पर तैंतीस शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं जिनका निपटारा कर दिया गया है इसके अलावे अन्य जिलों से भी दस सौ पचपन लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करायी है राजद नेता तेजप्रताप ने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है जिससे महागठबंधन में एक बार फिर टकराव की संभावना बढ़ गयी है मौसम विभाग ने आज राजधानी पटना में लगभग चालीस डिग्री सेल्सियस तक तापमान के पहुंच जाने की आशंका जतायी है विभाग के अनुसार पिछले आठ साल के दौरान मार्च महीने में पटना का अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री और इसके आसपास रहा है इससे पहले वर्ष दो हजार दस में भी तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कहा है कि कल से मौसम में बदलाव होगा जबकि आज शाम से धूल भरी आंधी की स्थिति बनेगी और आसमान में आंशिक बादल छाये रहेंगे उन्होंने कहा कि राज्य का कुछ हिस्सा दोतरफा हवाओं का केंद्र बन रहा है इससे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है उधर कल पटना का अधिकतम तापमान छत्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रहा जबकि गया का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव दो और न्यूनतम अठारह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस था भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कामकाज करने वाले बैंकों को आज अपनी शाखाएं खूली रखने के निर्देश दिये हैं आज वर्तमान वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है केंद्र ने सभी वेतन और लेखा अधिकारियों को भी आज अपने कार्यालय खुले रखने की सलाह दी है ताकि सरकारी प्राप्ति और भुगतान का काम किया जा सके इसी तरह सरकारी कामकाज कर रहे सभी एजेंसी बैंकों को भी अपनी शाखाएं खुली रखने की सलाह दी गयी है रिजर्व बैंक ने एक अलग अधिसूचना में कहा है कि आज आरटीजी एस और एनईएफटी समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन भी निर्धारित समय से अधिक वक्त तक जारी रहेगा आयकर विभाग नोटबंदी में जमा राशि पर कर न देने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करायेगा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के सी घ्रमरिया ने कहा है कि हर हाल में टैक्स की वसूली होगी टैक्स नहीं जमा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि अब तक सौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जा चूकी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में असफल छात्रों के लिये कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन करेगा इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र पांच से दस अप्रैल के बीच भरा जायेगा जबकि इसकी परीक्षा अप्रैल माह के अंत में होगी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कंपार्टमेंटल परीक्षा के परिणाम मई महीने में घोषित कर दिये जायेंगे वहीं अध्यक्ष ने बताया कि स्क्रूटनी के लिये ऑनलाइन आवेदन तीन से बारह अप्रैल तक किये जा सकते हैं राजधानी पटना के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम ने बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत काजीचक मोहल्ले में हत्या करने के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है आरोपियों पर बीस बीस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है रोहतास जिले में चल रही राज्य स्तरीय मिनी अंडर ट्वेल्व हैंडबॉल प्रतियोगिता के पहले मैच में पटना ने नालंदा को पराजित कर दिया पटना ने अपने दूसरे मैच में भोजपुर को पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है इस प्रतियोगिता में बारह जिलों की उन्नीस टीमों के लगभग दो सौ बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वहीं हेमन ट्रॉफी के सेंट्रल पूल में जहानाबाद ने नालंदा के खिलाफ नौ रनों की बढ़त बना ली है टॉस जीतकर पहले बल्लेवाजी करने उतरी नालंदा की टीम अठाईस ओवर में केवल एक सौ दो रन बना सकी और उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गये उधर राजधानी पटना में टैलेंट सर्च क्रिकेट लीग अंतिम ट्रायल आज से शुरू हो रहा है इसमें राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ी शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ थाने का खिताब दिया है वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि मंत्रालय ने इसके लिये एक दर्जन मानक तय किए थे भोजपुर जिले के तरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदनपुर पनपुरा गांव के पास फायर बिग्रेड में काम करने वाले एक होमगार्ड जवान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंककर्मी से तीन लाख रूपये लूट लिये पुलिस मामले की जांच कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है गांव कस्बों के होनहार बने इंटर टॉपर उन्यासी दशमलव सात छह प्रतिशत पास दैनिक जागरण ने इसी खबर पर शीर्षक दिया है विज्ञान की रोहिणी वाणिज्य में सत्यम व कला से रोहिणी रानी टॉपर दैनिक भास्कर ने आडवाणी की सीट से शाह ने भरा पर्चा छह केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता रहे मौजूद को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर शीर्षक दिया है इक्कीस आरोपितों के खिलाफ आरोप तय अखबार आज ने चुनाव आयोग ने रेलवे को जारी किया नोटिस और पुतुल सिंह भाजपा से निष्कासित को बड़ी खबर बनाया है